राज्य के विभिन्न जिलों में कहीं कहीं आज और कल मेघगर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना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

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है

कल विधानसभा में चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य तथा सफाई की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए डॉ शर्मा ने कहा कि हर जिले के एक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिन स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मोड पर दिया था उनका नवीनीकरण नहीं करके उन्हें राज्य सरकार चलाएगी

अब शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा ही किया जायेगा चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्य कराने के संकल्प को साकार करने के लिए राजस्थान ने पहल की है मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू करने की घोषणा की है

डॉ शर्मा ने बतााया कि राइट दू हैल्थ केयर बिल का प्रारूप विभाग ने तैयार कर लिया है इसे जल्द कानूनी रूप दिया जायेगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दे दी है

इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किफायती सेवाएं और संसाधन उपलब्ध होंगे इस कोष की राशि वित्तवर्ष के साथ समाप्त नहीं होंगी

ग्यारह जिलों अलवर भरतपुर बीकानेर चूरू धौलपुर श्रीगंगानगर जैसलमेर करौली नागौर सवाई माधोपुर और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला है राज्य में कल भी इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्य नहीं हुई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 इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं

आजादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्र व्यापी शुरूआत कल से होगी गुजरात में हो रहे इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित रहेंगे

प्रदेश के कला और संस्कृति विभाग की ओर कल गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा

भगवान शिवर की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि आज प्रदेशभर में परम्परागत श्रद्दाभाव से मनाया जा रहा है राज्य के शिव मंदिरों में जलाभिषेक और द्ग्धाभिषेक के साथ बम भोले के जयकारे लग रहे हैं सवाई माधोपुर के शिवाड़ स्थित घ्रश्मेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं

झुंझनूं जिला मुख्यालय पर बावलियो की बगीची और लावरेश्वर मंदिर सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं का आना जारी है जालौर और बारा जिलों के शिव मंदिरों में भी विशेष सजावट की गई है

आकाशवाणी जयपुर की ओर से जन आधार योजना पर आज एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा

यह कार्यक्रम प्रदेश में आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया जाएगा प्रदेश के कई जिलों में सकिय पश्चिमी विक्षोभ बनने से आज और कल ओलावृष्टि बारिश और तेज हवाए चलने की संभावना है मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज कोटा जयपुर अजमेर भरतपुर उदयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मेघगर्जन बिजली चमकने और ओले गिरने की संभावना है